स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में बताया कि यह सभी परियोजनाएं ई पी सी मोड़ में पूरी की जाएंगी इसमें ईटानगर बंदरदेवा राजमार्ग के पैकेज बी और पैकेज सी के लिए चार सौ छियानबें करोड़ सैतालीस लाख और चार सौ सैतीस करोड़ साठ लाख रुपये शामिल है हकानज्री से खोंसा तक दो लेन की सड़क को चौड़ा करने के कार्य के लिए पैकेज सी के तहत करीब एक सौ तीरासी करोड़ रुपये और होलोंगी ईटानगर राजमार्ग की मरम्मत के लिए बाईस करोड़ पचास लाख रुपये मंजूर किए गए है

कल परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्च्अल संवाद में उन्होंने विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की श्री मोदी ने तनाव और चिंता से म्क्ति के मंत्र भी साझा किये उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनन्द लेने दें श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि विदयार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा के जीवन का आखिरी पड़ाव नहीं मानना चाहिए बल्कि हमेशा अगले प्रयास में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि समय के प्रबंध के बारे में वे बच्चों का मार्गदर्शन करें प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अभिभावक बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं तो बच्चों की रूचि प्रकृति और प्रवृत्ति को समझना आसान होता है

उन्होंने कहा है कि कई बार हम लोग अपने मन में उठ रहे सवालों को महत्व न देते हुए चूप बैठ जाते है जिसके कारण हमारा मानसिक विकास प्रभावित होता है परीक्षा पे चर्चा के वर्चअल माध्यम में शामिल होने पर ख्शी का इजहार करते हए प्न्यो स्न्या ने कहा कि प्रधानमंत्री दवारा दिए गए सवालों के जवाब से वे बहत प्रभावित है

आठ राज्यों महाराष्ट्र कर्नाटक छत्तीसगढ दिल्ली तमिलनाड् उत्तरप्रदेश पंजाब और मध्यप्रदेश में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढी है

इस समय लगभग नौ लाख दस हजार मरीजों का इलाज चल रहा है जो क्ल संक्रमित लोगों का लगभग सात दशमलव शून्य चार प्रतिशत है

राज्यपाल ने होलोंगी एयरपोर्ट और मियाओ विजोयनगर सड़क परियोजना को त्वरित गति से पूरा करने को कहा हाल ही में नई दिल्ली के दौरे से लौटे राज्यपाल ने केंद्र सरकार के विभागों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के बारे में मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की